इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से प्रसारित किया जाएगा

इसका आकाशवाणी डीडी न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जायेगा हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से यह कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा क्षेत्रीय भाषाओं में इसे रात आठ बजे फिर सुना जा सकता है देश सहित पूरे प्रदेश में आज दशहरा पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है विजय दशमी या दशहरा उत्सव रावण पर प्रभुराम की विजय की स्मृति में मनाया जाता है

ये पर्व बुराई पर अच्छाई अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है इस अवसर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने प्रदेशवासियों को श्भकामनाएं दी है इस बीच सात दिन तक चलने वाला कुल्लू का अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव भी आज से शुरू हो रहा है कोरोना महामारी के चलते इस बार दशहरा सुक्ष्म रूप से मनाया जा रहा हैं कुल्लू से हमारे जिला सम्वाददाता आशीष कुमार शर्मा ने बताया कि आज बाद दोपहर भगवान रघुनाथ जी की शोभायात्रा मंदिर से निकलकर ढालपुर मैदान पहंचेगी और रथ यात्रा आरम्भ होगी

रथ यात्रा में भाग लेने के लिए कोविड टैस्ट करवाना अनिवार्य है प्रशासन द्वारा सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं और लोगों से घर में ही रहने की अपील की गई है दशहरा उत्सव का फेसबुक व यूट्यूब पर सीधा प्रसारण किया जाएगा

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अर्न्तराष्ट्रीय कुल्लू दशहरे से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है दैनिक भास्कर का शीर्षक है आज चुनिंदा देवी देवताओं के साथ शुरू होगा अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा

दैनिक जागरण की सुर्खी है अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव आज से

प्याज की बढ़ती कीमतों के बीच प्रदेश सरकार खुद तय करेगी दाम शीर्षक से अमर उजाला लिखता है कैबिनेट बैठक में जाएगा मामला सस्ते राशन डिपों में प्याज देने पर भी विचार दिव्य हिमाचल की एक खबर है पंजाब के उद्योग में गैस लीक उना के गांवो में घुटा दम हिमाचल दस्तक ने खबर दी है नहीं मिल रही जमीन मुश्किल में इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट कोरोना के बाद दूसरी ग्रांउड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारी में सरकार